इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक होटल में ठहरे पार्टी के विधायकों से बातचीत कर आगे की रणनीति बना रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी देर रात इन विधायकों से बातचीत की थी इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कांग्रेस विधायकों में तोड़फोड़ करने संबंधी आरोप का भाजपा नेताओं ने इनकार किया है

आज विश्व यूवा कौशल दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये युवाओं को संबोधित करेत हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज कोरोना काल से गुजर रही है ऐसे में काम के अवसर और प्रकृति बदल गई है इसलिए नई तकनीक अपनाकर स्वयं के कौशल को भी बदलना होगा

ये मिशन युवाओं को विभिन्न कौशल में सक्षम और सशकक्त बनाने की भारत सरकार की पहल है ताकि उन्हें रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिल सके

सकिय मरीजों के मामले में अलवर प्रदेश में दूसरे स्थान पर है हमारे संवाददाता ने बताया कि वर्तमान स्थिति को देखते हए अलवर के व्यापारी मंडल ने हर सोमवार और मंगलवार को सभी प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया है

दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि जल्द से जल्द वैक्सीन विकसित करने की प्रक्रिया में तेजी लाना हमारा नैतिक दायित्व है पर इसे आचरण संबंधी समझौता किए बिना पूरा किया जाएगा

विद्यार्थियों को एसएमएस के जरिये उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई मेल आईडी पर भी परिणाम भेजे जाएंगे